प्रदेश जिला पुनर्गठन संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह के पारित होने के साथ राज्य में अब पच्चीस जिले हो गये है लेपा रादा शी योमी और पाक्के केसांग नव गठित जिला है विधानसभा में विचार विमर्श में भाग लेते हुए सदस्यों ने नए जिलों के गठन के पहल पर सरकार की सराहना की वही एक लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने सभा को जानकारी दी कि दो हजार सत्रह के शैक्षणिक वर्ष में दसवी कक्षा में चौसठ प्रतिशत और बारहवीं कक्षा में अड़तीस दशमलव तिरासी प्रतिशत और वर्ष दो हजार अट़ठारह में इक्कीस दशमलव सोलह और दसवी कक्षा में चौवालीस दशमलव पैंतीस प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए शिक्षा परिदृश्य और परिणाम को सुधारने के लिए दो हजार अटठरह उन्नीस के शैक्षणिक सत्र में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि दसवीं और बारहवीं कक्षा में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाया जाऐंगा

राजधानी ईटानगर में उचित दस्तावेजों के बगैर गैर कानूनी भवनों के निर्माण के मद्देनजर राजधानी क्षेत्र उपायुक्त प्रिंस धवन ने संबंद्व अधिकारी को सार्वजनिक परिसर अतिक्रमण विरोधी अधिनियम के तहत इविक्शन ड्राइव चलाने का निर्देश दिया है श्री धवन ने राजधानी क्षेत्र पुलिस अधीक्षक को चेक गेट और नाका से निर्माण कार्य सामग्री लेकर आने वाले वाहनों की उचित जांच कराने का भी निर्देश दिया राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त ने जानकारी दी की निर्माण कार्य सामग्रियों से लदे वाहनों की जांच के लिए ट्राफिक पुलिस को भी अधिकृत किया गया है

वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त सोदे पोतोम ने चुनाव संबंधी कार्य में शामिल अधिकारियों से निर्वाचन आयोग द्वारा दिए नवीनतम दिशानिर्देशों से समय समय पर ख़ुद को अपडेट कराने को कहा

जिला उपायुक्त ने कहा कि आलो के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला हो गया है और अब उनके रिलीवरों का इंतजार किया जा रहा है

गांव बुढ़ाओं ने कहा कि मुख्यालय को बदलना अवैध असंगत और राजनीतिक रुप से प्रेरित है सियांग अपर जिला उपायुक्त ने उनके इस्तीफे को अब तक स्वीकार नही किया है

जिला उपायुक्त तामियों ताताक ने अधिकारियों से संबद्ध प्रक्रिया से परिचित और लैस रहने को कहा उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और राज्य के अन्य परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी उपग्रह आधारित निगरानी और विकास प्रक्रिया को भू टैगिंग के जरिए करने को अनिवार्य कर दिया है इसी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चांगलांग जिले में मंगलवार को आयोजित किया गया था